केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर का प्रदेशवासियों से ग्रीन दीवाली मनाने का आहवान

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के विरूद्व जंग अभी खत्म नहीं हुई है इसलिए जब तक इसके लिए दवाई नहीं बन जाती तब तक हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और साबुन से निरंतर हाथ धोने को आदत बनाने का आग्रह किया

राज्यपाल ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस बीच पुलिस लाईन भराड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस समारोह में प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के नेतृत्व में बीते एक साल के दौरान शहीद पुलिस व अर्धसैन्य बलों के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई जिला स्तर पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जहां पुलिस अधीक्षकों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी

ये मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की आज हुई बैठक में दी गई

यह बोनस विजयादशमी से पहले एकमुश्त दिया जाएगा गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को रोजगार परक और भारत का आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी उन्होंने इस नीति को आने वाले समय में विश्व को नया रास्ता दिखाने वाली नीति भी करार दिया गोविंद ठाक्र आज राजकीय महाविद्यालय कल्लू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यस्तरीय सेमीनार की अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद ठाकर ने कहा कि बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने की सोच को अपने ही देश में पूरा किया जाएगा इसके लिए जहां विश्व के पहले सौ विश्वविद्यालयों को देश में लाने की योजनाएं हैं वहीं प्रत्येक राज्य में एक एक नया विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा

उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को घटारड़ा रिडकमार सड़क की तुरन्त मुरम्मत के आदेश दिए उन्होंने ये भी कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वागीण विकास उनकी प्राथमिकता है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मंत्रियों और अफसरशाही में कोई तालमेल नहीं है यही कारण है कि सरकार हर रोज अफसरों के तबादले कर रही है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार काम करने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज कर रही है जिस कारण सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं रह गई है राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अधिकारियों के तबादलों को चुनाव विभाग के आदेशों का भी उल्लंघन करार दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर कोरोना काल में लोगों की कोई भी मदद न करने का आरोप भी लगाया

ये मौंते कांगड़ा और शिमला जिला में हुई हैं

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कृषि विधेयकों को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसानों के हित में है और इनके माध्यम से किसानों को देश की किसी भी मण्डी में अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है यही नहीं किसान द्वारा ठेके पर जमीन देने के बावजूद जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा

इससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी उन्होंने ये भी कहा कि बिलासपुर लेह रेललाईन बनने से देश की सुरक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन में भी वृद्धि होगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने प्रदेशवासियों से इस बार ग्रीन दिवाली मनाने का आहवान किया है वीरेन्द्र कंवर ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेशवासी दीवाली पर मिट्टी और बांस के बने दिए जलाएं

उनके द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए विभाग ने बौल में हिमइरा के माध्यम से एक विक्रय केन्द्र भी स्थापित किया है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ऊना जिला में कच्चे माल के तौर पर बांस काफी मात्रा में उपलब्ध है और इसके उत्पादों से महिलाओं की आय में काफी वृद्धि होगी विक्रमादित्य कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल को असफल करार दिया है

उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर पाई है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है जिसका खामियाजा प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ रहा है अध्यक्ष नियुक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता रतन पाल सिंह को स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फैंडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है इसके अलावा विनोद शर्मा रामगोपाल शर्मा हरिवल्लभ कौशल और सुरेन्द्र सिंह पांटा को फैडरेशन को सदस्य नियुक्त किया गया है पैंशनर्ज हिमाचल प्रदेश पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन ने त्रिवार्षिक चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी है एसोसिएशन के अध्यक्ष एचआर वशिष्ठ व महासचिव हरिचंद गुप्ता ने शिमला में कहा कि ये निर्णय कोरोना महामारी के दृष्टिगत लिए गए हैं उन्होंने कहा कि पैंशनर वरिष्ठ नागरिक हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वे इधर उधर नहीं जा सकते और न ही एक जगह एकत्रित हो सकते हैं

नमस्कार